और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोटद्वार में विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया

इनसे विशेष रूप से दृष्टि बाधित लोगों को आसानी होगी एक दो पांच दस और बीस रूपये के ये सिक्के नई दिल्ली में आज ेएक समारोह में जारी किये गये जहां दृष्टिबाधित बच्चें विशेष रूप से आमंत्रित किये गये थे

प्रधानमंत्री ने कहा कि नई श्रृंखला के इन सिक्कों में कुछ विशेषताएं हैं जिनसे दृष्टिबाधित लोगों को रोजमर्रा के लेनदेन में काफी सहूलियत होगी स्लग जन औषधि दिवस वहीं आज जन औषधि दिवस पर प्रधानमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पांच हजार से ज्यादा लाभार्थियों और संचालकों से संवाद किया

आज देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना का शुभारम्भ किया इस योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को सुगंधित मीठा स्किम्ड मिल्क पाउडर उपलब्ध करवाया जाएगा इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चे स्वस्थ हो तो देश का भविष्य भी स्वस्थ और सुरक्षित रहेगा उन्होंने प्रदेश में दूध का उत्पादन बढ़ाने के प्रयास करने पर जोर दिया

मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटा बेटी के बीच भेदभाव को दूर करना होगा और इसके लिए संकीर्ण मानसिकता को बदलना होगा

इस मौके पर सहकारिता मंत्री डा धन सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना एक बड़ी सौगात है इसका आने वाले समय में बड़ा प्रभाव देखने को मिर्लेगा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि कुपोषण के खिलाफ लड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी उत्तराखण्ड सरकार इसे आगे बढ़ाने का काम कर रही है

स्लग चुनाव बैठक आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चमोली में व्यय लेखा के नोडल अधिकारी वीरेन्द्र कुमार ने सभी बैंक शाखा प्रबन्धकों के साथ बैठक की उन्होंने चुनाव के दौरान संदेहास्पद नकदी निकासी की जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं निर्वाचन के दौरान किसी भी खाते से संदेहस्पद एक लाख से अधिक नकद निकासी और दस लाख से अधिक की सभी नकद निकासी की दैनिक रिपोर्ट बैंकर्स को जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी साथ ही चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी के लिए निर्वाचन खर्चे के लिए अलग से बैंक खाता खोलना होगा इसी खाते के माध्यम से निर्वाचन संबंधी लेन देन किया जायेगा

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सभी थाना क्षेत्रों के स्कूलों कालेजों गांवों में ड्रग्स के खिलाफ अभियान चलाते हुए नशे के कारोबारियों पर कार्रवाई की जाएगी सांथ ही नशे की गिरफ्त में आये युवाओं की उनके माता पिता के साथ काउन्सलिंग की जाएगी इसके अलावा नुक्कड नाटक प्रतियोगिताएं निबन्ध शॉर्ट फिल्म के जरिए स्कूली बच्चों को जागरूक किया जाएगा

पदमश्री प्राप्त किसान भारत भूषण त्यागी और कवल सिंह चौहान ने मेले का शुभारंभ किया मेले में किसानों को नई कृषि तकनीकों और नए बीजों के विषय में जानकारी दी जा रही है इस मौके पर पदमश्री प्राप्त किसान कवल सिंह चौहान ने कहा कि इस प्रकार के मेलों में विश्वविद्यालय कृषि से जुड़ी अपनी खोज का प्रदर्शित करते हैं जिसका लाभ किसानों को मिलता है उन्होंने गोमूत्र आधारित खेती को जरूरी बताया मेले में आये केंद्र के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अपर आयुक्त प्रसार वाई आर मीणा का कहना है कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है

उन्होंने कार्बेट टाईगर रिजर्व के अन्तर्गत पाखरौ ईको टूरिज्म जोन का भी उद्घाटन किया

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोटद्वार में हुए शिलान्यास कार्यक्रमों के बाद लंबित और बहुप्रक्षित योजनाओं के निर्माण कार्यो को पूरा करने का रास्ता साफ हो गया है इससे क्षेत्र का विकास होगा और युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे वहीं कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक डॉ हरक सिंह रावत ने बताया कि कोटद्वार मेरठ फोरलेन से जुड़ने के बाद कोटद्वार दिल्ली की दूरी महज दो घण्टे में ही तय होगी साथ ही जयहरीखाल से हरिद्वार तक फोरलेन बनने के बाद जौलीग्रांट से कोटद्वार की दूरी एक घण्टे में पूरी हो जायेगी स्लग सीपीयू अल्मोड़ा अल्मोड़ा नगर में यातायात व्यवस्था द्रूस्त करने और सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए सिटी पैट्रोल यूनिट यानि सी पी यू की शुरुआत की गई है पहले चरण में अल्मोड़ा नगर के दो इलाकों में सी पी यू का गठन किया गया है एसएसपी प्रहलाद नारायण सिंह मीणा ने बताया कि नगर में शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों यातायात का नियम तोड़ने वाले ट्रिपल राईडिंग बिना हैलमेट वाले चालकों पर कार्रवाई की जाएगी

पुलिस कंट्रोल रूम से मिली सूचना के मुताबिक धारचूला से दो किलोमीटर आगे एक कार पलट गई इस हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हुआ है